प्रणब निधन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज दिल्ली के सैन्य अस्पताल में निधन हो गया

श्री मुखर्जी को इस महीने की दस तारीख को इलाज के लिए भर्ती किया गया था

कांग्रेस सरकारों के दौरान उन्होंने केन्द्र में गृह वित्त विदेश मंत्रालय सहित कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली उनके निधन पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित विभिन्न नेताओं ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी श्रद्धांजलि में कहा कि उनके देहावसान से एक युग की समाप्ति हो गई है वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि श्री मुखर्जी ने राष्ट्र के विकास पथ पर एक अमिट छाप छोड़ी है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें मॉ भारती का गुणी और राष्ट्र के प्रति समर्पित पुत्र बताया बाढ़ स्थिति प्रदेश में बारिश रूकने से बाढ़ प्रभावितों इलाकों में राहत है और बचाव कार्यो में तेजी आई है होशंगााबाद में नर्मदा नदी का जल लगातार कम हो रहा है वही बारना और तवा बांध के सभी गेट बंद कर दिये गये हैं सीहोर रायसेन नरसिंहपुर जबलपुर सागर सहित अन्य बाढ़ प्रभाविता जिलों में हालात बेहतर हो रहे है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहत कार्य में सहयोग के लिए सेना और एनडीआरएफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि बाढ़ के बाद बीमारियों से बचाव के लिए एक अभियान भी चलाया जायेगा

एसडीआरएफ की टीम और होमगार्ड के जवान लगातार लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे है

अतिवर्षा समीक्षा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अतिवर्षा से प्रभावित हुए जनजीवन को सामान्य बनाने के संबंध में वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की श्री चौहान ने अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के प्रयासों की जानकारी ली श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फसलों सड़कों पेयजल स्त्रोतों मकानों आदि की क्षति का आकलन कर शीघ्र रिपोर्ट तैयार की जाए प्रदेश में अतिवर्षा से हुई क्षति की जानकारी कोन्द्र सरकार को भेजी जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को प्रदेश में हुई फसलों की क्षति से अवगत कराया गया है उन्होंने सोयाबीन की क्षति का विस्तृत आकलन करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने आज भी सीहोर जिले सहित विभिन्न बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया

उन्होंने युवाओं का आव्हान किया है कि अपने सपनों को पूरा करने के प्रयासों में वे निरंतर जुटे रहे तो सफलता निश्चित है

रक्षा मंत्रालय चीन के सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर नापाक हरकत करते हुए दोनों देशों के बीच बनी सहमति का उल्लंघन कर यथास्थिति को बदलने की कोशिश की है जिसका भारतीय सैनिकों ने करारा जवाब दिया और विफल कर दिया है

बयान में कहा गया है कि भारतीय सैनिकों ने चीन की नापाक हरकत को पहले ही भांप लिया और इसका करारा जवाब देते हुए इस कोशिश को विफल कर दिया

भाजपा उपाध्यक्ष प्रभात झा भी कोरोना संक्रमित हो गये है श्री झा ने एक ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी देते हुए लोगों से अपील की है कि इस दौरान जो लोग भी उनके संपर्क में आये हैं वे अपनी जांच करा ले

मशरूम खेती प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोंदी के आत्मनिर्भर अभियान पर अमल करते हुए मंदसौर जिले के फतेहगढ़ गांव के किसान बालाराम धाकड़ ने बिना किसी प्रषिक्षण के घर में ही मशरूम की खेती शुरू की है उनका कहना है कि यह कम समय में अच्छी आय का बेहतर विकल्प है

पहला अति कुपोषित बच्चों को चिन्हित और उनकी मॉनिटरिंग करना तथा दूसरा किचन गार्डन को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण अभियान है प्रदेश स्तर पर इस वर्ष पोषण माह के दौरान में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा

इसका मुख्य उद्देश्य जन आंदोलन और जनभागीदारी से कुपोषण को मिटाना है प्रधानमंत्री ने कल मन की बात में भी लोगों से पोषण माह के दौरान जागरुकता फैलाने की बात कही थी अनंत चतुर्दशी कल अनंत चतुर्दशी है

इस अवसर पर घर घर बिराजे गणपति की मूर्तियों का विसर्जन किया जायेगा राज्य सरकार ने भगवान गणेश की मूर्तियों को इक्टठा करने के लिए वार्ड स्तर पर केन्द्र बनाये हैं साथ ही लोगों से अपील की है कि वे संभव होने पर माटी गमलों में या घर के समीप ही मूर्तियों का विसर्जन करें कोरोना के चलते मूर्ति विसर्जन के चल समारोहों पर रोक लगाई गई है

यह अवकाश कोषालय एवं उपकोषालय पर लागू नहीं होगा